इसकी पहली किस्त आज जारी की गई

उनमें उत्तराखण्ड के डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खातों में पहली किस्त के दो दो हजार रूपय डाले जा चुके हैं जिन किसानों को आज पहली किश्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले हफ्तों में पहली किस्त की राशि मिल जाएगी

प्रधानमंत्री के हाथों किसान सम्मान निधि की पहली किस्त लेने वालों में उत्तराखण्ड के कृषक जसपाल सिंह भी शामिल हैं इस योजना के अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसान परिवार को वार्षिक छह हजार रूपये दिये जायेंगे यह पूर्ण रूप से केन्द्र पोषित योजना है यह धनराशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी इसका उद्देश्य किसानों को बीज खाद और कृषि कार्यों के लिए मदद करना है किसान सम्मेलन देहरादून राजधानी देहरादून सहित राज्य के सभी जिलों में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम का श्भारंभ करते हुए केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमकर प्रशंसा की उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना समस्या का स्थाई समाधान नहीं है

इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटी जोत के किसानों की संख्या अधिक है यह योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सुना

उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता मिलेगी साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे किसानों को आर्थिक सहयोग मिलेगा

केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से किसानों को संजीवनी मिलेगी चंपावत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का श्भारंभ जिले के प्रभारी मंत्री और शिक्षा एवं खेलकृद अरविंद पाण्डेय ने किया

इस योजना के शुरू होने से किसान भी खुश हैं उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को खाद और बीज खरीदने में अब सुविधा होगी चमोली जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ जिला मुख्यालय गोपेश्वर में किया गया इस मौके पर कृषक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें दूर दूराज से किसान पहुंचे जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना शुरू होने के साथ ही जिले में कृषकों के सत्यापन कार्य शुरू किया गया है

इस मौके पर प्रसाड़ी की किसान महिला राजेश्वरी देवी के कृषि क्षेत्र में किये गये कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित भी किया उधर उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ के अवसर पर किसान जगमोहन सिंह को किसान भूषण सम्मान से नवाजा गया इसके अलावा अन्य किसानों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गए

उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक विधि से पारम्परिक खेती के साथ ही आध्रनिक खेती करने की अपील भी की बागेश्वर उधमसिंह नगर सहित अन्य जिलों में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया

उन्होंने सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमले में जवानों की शहादत को याद करते हुए वीर सपूतों को नमन किया उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ सशक्त और निर्णायक हुए हैं शांति की स्थापना के लिए हमारी सेना ने अदभुत क्षमता दिखाई है उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकवादियों के खात्मे का संकल्प ले लिया है श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई ने उस कठिन समय में भारत का क्शल नेतृत्व किया जब देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा था स्वतंत्र भारत में संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है उन्होंने देशभर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों उनके अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी साथ ही उन्होंने बताया कि अगले दो महीने चुनाव की गहमा गहमी में व्यस्त होने के कारण और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी प्रदेश के लोगों ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना इसके लिए कई जगह विशेष व्यवस्थाएं की गई थी

बागेश्वर के अपर जिलाधिकारी के मुताबिक निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही संदेहास्पद वस्तुओं शस्त्र नकदी मदिरा के साथ ही बिना अनुमति की प्रचार सामग्री को भी जब्त किया जायेगा इसकी रसीद भी वाहन स्वामियों को दी जाएगी हर चेक पोस्ट पर वीडियोग्राफी होगी सभी टीमें चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सक्रिय हो जाएंगी पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिसूचना से पहले ही सक्रिय हो जाएंगे वहीं लोकसभा चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग हर प्रकार की सुविधा देगा डोली व्हीलचेयर से उन्हें मतदान स्थल तक पहुंचाया जाएगा

चुनाव में शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूक कार्यक्रम के तहत रैलियों नुक्कड़ नाटकों के जरिए मतदान का महत्व समझाया जा रहा है उधर केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रानीखेत में मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत प्रे बाजार में भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात की लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर श्री टम्टा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी है उन्होंने उसका पालन किया है और आगे भी ऐसा ही होगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम देहरादून के डी बी एस कॉलेज में विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के जरिए युवाओं को मतदान और मताधिकार की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई स्टेट स्वीप नोडल अधिकारी मोहम्मद असलम ने कहा कि युवाओं का लोकतन्त्र में बहुत बड़ा योगदान होता है अगर देश के युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए तो इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और देश तेजी से तरक्की करेगा इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सही प्रत्याशी चुनने के प्रति जागरूक किया गया और शत प्रतिशत मेतदान के महत्व को भी समझाया गया इसके अलावा सी विजिल ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप आदि के बारे में भी बताया गया साथ ही वहां मौजूद सभी छात्र छात्राओं और अन्य लोगों को मतदान की शपथ दिलाई राहत कोष मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश में सैन्य और अर्द्ध सैन्य बलों की सहायता के लिए राहत कोष की स्थापना की गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य बलों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है